मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने हर क्षेत्र में वृद्धि दर तेज करने और राष्ट्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल के आहवान को लोगों बीच खासा समर्थन मिल रहा है

के विभिन्न हिस्सों में आज भी हुयी बारि कल उत्तरकाशी देहरादून टिहरी पौड़ी और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है

प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्व इतिहास पर आधारित होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं

श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया पोषण माह के दौरान माई गॉव पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी श्री मोदी ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल के आहवान को लोगों बीच खासा समर्थन मिल रहा है आज युवाओं की सोच सकारात्मक और इनोवेटिव हुयी है

उन्होंने श्री मोदी के स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे खिलौनों का निर्माण होना चाहिए जो हमारे पारम्परिक खेलों पर आधारित हो मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलौना उद्योग में स्वरोजगार की काफी सम्भावनाएं है और इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी जोड़ कर काम किया जा सकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी बहुत से ऐसे पारम्परिक खेल प्रचलित रहे हैं जिन पर आधारित मोबाईल गेम्स बनाये जा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी होम आइसोलेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना इसके साथ ही प्रदेश भर में श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना देखा और सराहा गया कठपतली कौशल निशंक शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरूआत की जाएगी ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों

इसके लिए छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

कल कृम्म मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिये उन्होंने तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कुम्भ मेले को दिव्य और भव्य रूप से आयोजित किये जाने के लिये दृढ़ संकल्य है उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अखाड़ों के सन्त महात्माओं के सहयोग और आशीर्वाद से यह आयोजन सफल होगा बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कुम्भ मेले के आयोजन में सभी अखाड़ों का सहयोग मिल रहा है उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए सभी पुलों स्नान घाटों सड़कों आस्था पथों आदि का निर्माण निर्धारित समय में ही पूरा करने की बात कही मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है आज गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और नदियां भी उफान पर है भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद हैं हालांकि कुछ सड़कों को खोला जा चुका है और यातायात बहाल कर दिया गया है इस बीच मौसम विभाग ने कल उत्तरकाशी देहरादून टिहरी पौड़ी और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जतायी है प्रदेश कार्यसमिति बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव कल वर्चुअल माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बंशी धर भगत के कार्यकाल की पहली प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन करेगें

वेबनार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज उत्तराखण्ड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर आयोजित वेबनार में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह और ग्रोथ सेंटरों में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं